केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दस्तावेजो के अनुसार जम्मु कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भारत और चीन के बीच करीब चार हजार किलोमीटर वास्तविक निरंत्रण रेखा के पास इक्कीस हजार करोड़ रुपये की लागत से इन महत्वपूर्ण सड़को का निर्माण किया जायेगा

यह सर्दियों की समाप्ति और फसलो की कटाई के पर्व के रुप में मनाया जाता है यह पर्व देश में अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नामो से जाना जाता है यह तामिलनाडु में पोंगल गुजरात में उत्तारयण असम में भोगाली बिहु और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रुप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति उत्तरायण और भोगाली बिहु के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति और परम्परा का यह त्यौहार लोगो के लिए अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में ख्रशहाली लाये राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने प्रदेश वासियो को मकर संक्रांति और भोगाली बिहु पर्व की शुभकामनाए दी है उन्होंने समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है असम में आज माघ यानी भोगाली बिहु की पूर्व संध्या पर उरुका उत्सव मनाया जा रहा है इस अवसर पर लोग घास फूस और लकड़ी से बनी मेजी जलाते है इसके चारों ओर इकटठा होकर आग की लपटों में अनाज अर्पित करते हुए पूजा अर्चना करते है

मादक पदार्थो की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इससे प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल के वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कार्ययोजना में स्क्रलो कॉलेजो विश्वविद्यालयो और कार्यस्थलों में पुलिसकर्मियों अर्धसैनिक बलों कानून प्रवर्तन एजेंसियों न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनो के लिए जागरुकता सृजन कार्यक्रम भी शामिल किए गए है

शिष्टमंडल में असम सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री हेमंता विस्वा शर्मा तथा राज्य के अन्य भाजपा नेता थे

बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रमुख श्री हेगरामा मुहिलैरी राज्य सरकार में बीपीएफ की ओर से मंत्री श्री चंदन ब्रहमा तथा संसद सदस्य श्री बिस्वाजीत डाइमारी सहित बोड़ो समूहों के अनेक प्रतिनिधियो ने भी गुहमंत्री से सप्ताह के अंत में मुलाकात की और बोड़ो समुदाय की विभिन्न मांगो पर चर्चा की केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि गत आठ जनवरी को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि यह विधेयक किसी एक देश विशेष से आने वाले छह अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए नही है यह उन व्यक्तियों के लिए भी नही है जो एक राज्य विशेष में रह रहे हैं

इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने दस केंद्रीय एजेंसियों को अधिकार दिया है कि वे किसी भी कम्पयूटर प्रणाली की सामग्री को बीच में रोक सकती है और उस पर नजर रख सकती है शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से छह हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार दस केंद्रीय जांच और गुप्तचर एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कम्पयूटर में डाली गई सामग्री को बीच में रोक सकती है और उसका विश्लेषण कर सकती है

आज का अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया